पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नीति आयोग से देश की सभी ग्राम पंचायतों में नवाचार केन्द्र खोलने का आग्रह किया है

राज्यपाल ने यम्नानगर में य्वाओं को उद्यम सिंह की तरह देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की अपील की

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज केद्रियमंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को सम्बोधित करते हये ये जानकारी दी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे निर्माता और निर्यातकर्ताओं को खादों के अन्बंध को आकार देने और किसानों को उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी पूरे देश में मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक बिल के संसद में पास होने पर ख्शी जाहिर की है आज राज्धानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करने आई महिलाओं को सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सम्बोधित करते हये कहा कि पिछली सरकारों ने तीन तलाक को प्रतिबंध नहीं किया क्योकि वोह वोट बैंक नीति में विश्वास रखती थी उन्होंने कहा कि बह्त से म्स्लिम देशों में पहले ही तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया ह्आ है

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान ने साम्दायिक स्तर पर नवाचार के जज्बे को प्रोत्साहित करने के लिये आज नई दिल्ली में अटल सामूदायिक नवाचार केन्द्र का श्भारंभ किया इस पहल का उद्देश्य समाज सेवा के लिये समस्याओं के समाधान की सोच के साथ नवाचार के जज्बे को प्रोत्साहन देना है

उन्होंने नीति आयोग से स्थानीय स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों में नवाचार केन्द्र खोलने का आग्रह किया

उन्होंने कहा कि इससे देश में नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी नीति आयोग के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत ने कहा कि अटल नवाचार मिशन से देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन आया है चंडीगढ़ में वकीलों द्वारा हरियाणा प्रशासनिक न्यायाधिकरण के गठन का विरोध आज भी जारी रहा काबिलगौर है कि ये ट्रिब्यूनल करनाल में गठित किया जा रहा है हरियाणा के महािधवक्ता बलदेव राज महाजन ने आज वरिष्ठ वकीलों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की वकीलों की मांग है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को करनाल में गठित करने पर रोक लगाई जाये इस पर महाधिवक्ता ने पूरी तरह से इन्कार करते हुए कहा कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया हैराज्य सरकार इसे समाप्त करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकती तीन वर्षो की प्रक्रिया के बाद और विधान सभा में स्वीकृति के बाद ही इसका गठन किया गया है महाधिवक्ता ने वकीलों को बताया कि अब तो ट्रिब्यूनल में चेयरपर्सन की निय्क्ति भी की जा च्की हैं अब इसे रोका नहीं जा सकता है आज की बैठक में अधिवक्ताओं ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को करनाल के स्थान पर पंचक्ला या चंडीगढ़ में स्थानांतरित करने का विकल्प दिया है श्री महाजन ने कहा कि उनकी मांग की जानकारी सरकार को दी जायेगी

इस मामले में राज्य चौकसी ब्यूरो ने गत शाम प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है हरियाणा राज्य चौकसी ब्यरों के महानिदेश्क डा के पी सिंह ने पंचकूला में आज पत्रकार वार्ता में बताया कि अन्सूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कीम मे गड़बड़ी पाई गई इस मामले में कान्न की विभिन्न धाराओं के तहत दो उप निदेशको तीन जिला कल्याण अधिकारियों डाटा एंट्री ओपेरेटर सहित पांच अन्य लोगों पर रोहतक करनाल व पंचक्ला के चोकसी ब्यूरो थानों में तीन मामले दर्ज किये गये है उन्होंने बताया कि राज्य चौकसी बय्रों में तीन जिलो सोनीपत रोहतक व झज्जर की जांच मे पाया गया कि फर्जी संस्थान फर्जी छात्र छात्राओं के खाता नंबर के साथ फर्जी आधार जोड़कर स्कोलरशिप की रकम प्राप्त की गई

इस मामले का म्ख्य सूत्रधार जिला सोनीपत रहा प्रांरभिक जांच में निकल कर आ रहा है कि तीन अन्य जिलों हिसार पानीपत व फतेहाबाद में गड़बड़ी और भी ज्यादा हो सकती है

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किये गये और उन्हें श्रद्वाजंलि दी गई यम्नानगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्बोधित करते हये हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि आज हम शहीद उद्यम सिंह व अन्य असंख्य शहीदों को शहादत की बदौलत आज़ाद है उन्होंने य्वाओं से अपील की कि वे देश की रक्षा के लिए शहीद उद्यम सिंह व अन्य वीरों तरह हमेशा तैयार रहें

समारोह मे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवल पाल हरियाणा के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार हरियाणा के खाद्य व आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने भी विचार व्यक्त किये अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अयोध्या चौक पर शहीद उद्यम सिंह की प्रतिमा पर लोगों ने फुलमाला चढ़ाकर उन्हें याद किया पलवल मे शहीद उद्यम सिंह की जंयती पर विराट हिंदोस्तान संगम ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया

भिवानी में भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों ने शहीद उद्यम सिंह के चित्र पर प्ष्पजंलि अर्पित की

काबिले गौर है कि शहीदी उद्यम सिंह ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हये गोलीकांड का बदला लिया था

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्कीम के तहत आज पलवल जिले में दिव्यांग विभाग की दिव्यांगजनों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न उपकरण मुहैया करवाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया